उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में हर चुनौतियों से निपटने का रास्ता निकाला है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस अवधि में बैंकिंग क्षेत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों सहित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं कल हरियाणा के रोहतक में पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा के समापन अवसर पर एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने बैंक प्रणाली को सुदृढ़ बनाने सहित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के हर वर्ग का विकास सुनिश्चित बना रही है वे कल कांगड़ा जिला के धर्मशाला में मुख्यमंत्री की घोषणाओं व जनमंच की समीक्षा के लिये आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे इस दौरान उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को निष्ठा व उत्साह से कार्य करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य कल्याणकारी नीतियों का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना है

पोषण माह कुपोषण को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आहवान पर सितम्बर माह पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है इसी कड़ी में प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी विद्यार्थियों के अलावा किशोरियों व महिलाओं को संतुलित आहार लेने के लिये प्रेरित कर रहे हैं मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है मॉनसून के धीमा पड़ने से मैदानी क्षेत्रों में दिन के समय लोगों को उमस भरी गर्मी से जूझना पड़ रहा है

अब एक नजर अखबारों की सर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने धर्मशाला उपचुनाव व जनमंच से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है धर्मशाला उपच्नाव के लिये उम्मीदवार के नाम पर माथापच्ची मुख्यमंत्री ने देर रात तक ली मैराथन बैठकें आपका फैसला का शीर्षक है धर्मशाला से चुनाव में उतारा जाएगा प्रभावी प्रत्याशी जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स बतौर मुख्यमंत्री लिखता है लाला लाजपत राय के नाम पर होगा ऐतिहासिक धर्मशाला कारागार का नामकरण जनमंच में हंगामे पर अमर उजाला लिखता है खस्ताहाल हाईवे पर जनमंच में भिड़े विधायक पूर्व विधायक हंगामा नारेबाजी दिव्य हिमाचल का शीर्षक है सरवीण के सामने भिड़े रणधीर रामलाल

अमर उजाला का शीर्षक है निरमंड में मां दमाशन का तीन सौ साल पुराना पांच मंजिला मंदिर जला मंदिर में रखीं अष्टधातु की सात मूर्तियां नौ मोहरे और सोने चांदी का सामान हुआ राख

दैनिक सवेरा टाइम्स ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है सूबे के मैडिकल कॉलेजों में तैनात होंगे फिजियोथैरेपिस्ट चंबा में भूकम्प के झटके अजीत समाचार की खबर है

जबकि पंजाब केसरी के शब्द हैं तीन बार कांपी चम्बा जिला की धरती